पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर दुर्भावना से काम करने का आरोप लगाया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक का उद्घाटन किया बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात और संगठन से जुड़े मुददों पर चर्चा हो रही है लोकसभा और कृष्ठ राज्यों में विधानसभा चुनावों की रणनीति संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा पार्टी के विस्तार सरकार की विकास और जनकल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर भी विचार किया जायेगा बैठक की अध्यक्षता करते हये भाजपा अध्यक्ष अभित शाह ने संगठन को मजबूत बनाने सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और उसका प्रचार प्रसार निचले स्तर तक करने तथा चुनाव की तैयारी बूथ स्तर पर करने पर जोर दिया

जिले के लालगढ और सादुलशहर में आयोजित जनसभाओं में श्रीमती राजे ने अपनी तथा केन्द्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी

श्री गहलोत आज बीकानेर जिले के बज्जू में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होने कहा कि उनके मुख्यमंत्री काल में जनता को राहत देने के लिये शुरू की गई योजनाओं को दूसरे प्रान्तों ने लागू किया लेकिन उन योजनाओं को वर्तमान सरकार ने नजरअंदाज कर दिया उन्होने ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपना कोई वायदा पूरा नही किया बल्कि किसानों युवाओं महिलाओं और दलितों के साथ छलावा हुआ है

उन्होंने कहा कि पार्टी को घोषणा पत्र लगभग तैयार है

आज नई दिल्ली में विश्व मोबिलिटी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि विश्व मोबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है ऐसे में मोबिलिटी के स्वच्छ और किफायती समाधानों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि भारत में यातायात का प्रमुख साधन सार्वजनिक परिवहन होगा

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला इकाईयों द्वारा लोक अदालत लगाई गई

अनेक स्थानों से हल्की से भारी और बहत भारी वर्षा के समाचार मिल रहे हैं

नदी नाले उफान पर हैं तथा कई गांवों का आसपास के स्थानों से संपर्क कट गया है

धौलपुर और झालावाड़ में तेज वर्षा हो रही है जिससे नदियों और तालाबों में पानी की आवक बढ गई है राजसमन्द में सुबह तेज बारिश का दौर शुरू हुआ जिससे स्कूली बच्चों को परेशानी हुई चित्तौड़गढ उदयपुर टोंक सवाई माधोपुर और बूंदी जिलों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा का दौर जारी है

इस उपलक्ष्य में जयपुर सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर लोगों को साक्षरता के प्रति जागरूक बनाने के लिये अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये नागौर में मानव श्रृंखला बनाई गई और रैली आयोजित की गई कलेक्ट्रेट में जिला कार्यालय में रंगोली बनाई गई जिसमें साक्षर भारत बेटी बचाओ बेटी पढाओ तथा बेटियों को ऊंची शिक्षा देने संबंधी संदेश लिखे गये भरतपुर में इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये समारोह में निरक्षरों को साक्षर करने में विशेष योगदान देने वाले कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया इस अवसर पर राजसमन्द और टोंक में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये गये